वे आज शिमला में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार विषय पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे

इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने इनोवेटिव पाठशाला ऐप्प का भी शुभारंभ किया परमार चंबा जिले के सरोल में एक सौ एक बीघा भूमि पर मैडिकल कॉलेज के पहले चरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा

इसके अलावा प्रशासनिक भवन व स्टाफ क्वाटर बनाए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हैल्थ वैलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को द्रूस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वैलनेस सेंटर में तबदील किया जा रहा है बाद में विपिन परमार ने धुलारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला भी रखी

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने मंडी जिले के बग्गी में विधिक जागरूकता शिविर में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोक अदालतों का प्रचलन बढ़ा है और इनके बेहतरीन परिणाम आए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव व पंचायत में विलेज लीगल केयर एंड स्पोर्ट काउंटर खोले गए हैं इसके अलावा जिला व उपमंडल स्तर पर फंट ऑफिस स्थापित हैं

रात्रि भोज राज्य सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र के सम्मान में बीती रात शिमला में रात्रि भोज का आयोजन किया कलराज मिश्र अब राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उन्हें स्मृति चिन्ह व हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित किया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा वन मंत्री गोविंद ठाक्र सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे पोषण अभियान देश भर में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान रोज़ाना विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर पोषण जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है बिलासपुर में खेल छात्रावास के विद्यार्थियों ने आज पोषण जागरूकता रैली निकाली उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि इसके माध्यम से लोगों को पोषण के महत्व के बारे में अवगत करवाया गया उन्होंने कहा कि पोषण के बारे में ग्रामसभा की बैठकों जनमंच और जागरूकता अभियानों में चर्चा की जाएगी पोषण महिला व बाल विकास विभाग ने किन्नौर के उरनी में जिला स्तरीय पोषण मेले का आयोजन किया बाल विकास परियोजना अधिकारी देवव्रत नेगी ने महिला मंडल व स्वयं सहायता समृहों के सदस्यों से लोगों को संतुलित आहार व पोषण के बारे में जागरूक करने का आहवान किया

खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने कहा कि लोगों और पर्यटकों को उच्च श्रेणी की मुक्केबाजी प्रतियोगिता देखने का ये एक अच्छा अवसर मिलेगा

समापन अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अंशुल धीमान ने बताया कि इस योजना से युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है

इसके तहत विभाग के अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में जाकर हिंदी में हो रहे कार्यों का आंकलन कर रहे हैं विभाग के निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि राजभाषा पखवाड़े के तहत भाषा अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाने के निर्देश दिए गए हैं

इन समितियों के सदस्य शिमला में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से शिष्टाचार मेंट करेंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की जाएगी